मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा

बाढ़ राहत के लिए बड़ी संख्या में राहत शिविर बनाए गए हैं जहां पर रूकने भोजन दवाओं आदि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ में फंसे जिले के मझगवां बादलपार पिकारी केवलारी सुनवारा और छपारा के करीब ढाई सौ परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है उधर खंडवा में भारी बारिश से इंदिरा सागर और ऑकारेश्वर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है प्रशासन ने निचली बस्तियों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया कटनी में कलेक्टर ने राहत और बचाव कार्य में संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं विदिशा में दो दिन से हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है जिले के एक दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से ट्रट गया है रायसेन में प्रशासन ने बाढ़ में फंसे पांच सौ से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया मंदसौर से हमारे संवाददता ने बताया है कि जिले में हो रही बारिश और बैकवाटर फ्लो के चलते गांधीसागर बांध का जलस्तर बढ़ गया है राजगढ़ में भारी बारिश के चलते प्लिस अधीक्षक ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की फसल बीमा फसल बीमा कराने की कल अंतिम तिथि है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी किसानों से अपनी फसल का बीमा कराने की अपील की है श्री चौहान ने कहा है कि अऋणी किसान भी अपनी फसलों का बीमा कराएं जिससे उनके नुकसान की भरपाई की जा सके

कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या इकसठ हजार के करीब पहुंच गई है वहीं इनमें से अब तक छियालीस हजार चार सौ तेरह लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं

जबलपुर में कल पिचासी व्यक्तियों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छट्टी दी गई वहीं कल यहां एक सौ अड़तीस नये मरीजों का पता चला उधर ग्वालियर में कोरोना संकमण के दो सौ चौबीस नये मामले सामने आये मण्डला में ग्यारह छतरपुर और झाबुआ में पन्द्रह पंद्रह और मंदसौर में बाईस नये मरीजों का पता चला है

इनमें से एक कलस्टर विश्व स्तर का होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मध्यप्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण भविष्य की रणनीति विषय पर आयोजित वेबिनार के समापन सत्र को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में परम्परागत फसलों की तरह ही उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा कंटेनमेंट निर्देश केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं